केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर परामर्श कराने का अनुरोध किया

उन्होंने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है इसीलिये उन्हें मजबूती देना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि कोष के जरिये किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाया जायेगा बजट में कृषि के लिये निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाये जाने की घोषणा की गई श्री गहलोत ने कहा कि खेती के लिये पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी खाद का भण्डारण किया जायेगा

उन्होंने कहा कि ये जनता का बजट है इसीलिये विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ चर्चा करके इसके बिन्दू बनाये गये है उन्होंने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होने का आरोप लगाया

श्री गहलोत ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिये हर पंचायत समिति पर नन्दी शाखाएं शुरू की जायेगी

ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की जनता की भारी आवश्यकताओं को देखते हुए बजट में दस वर्षीय कार्य योजना बनाने की घोषणा की गई

बजट में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की भी घोषणा की गई इसके तहत तीन वर्ष तक बिना पंजीकरण उद्योग चलाने की मंजूरी देने वाला यह पहला राज्य होगा योजना में दस करोड रूपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान देने की घोषणा भी की गई मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के अंत तक राज्य के सभी शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा भी की प्रदेशवासियों को चिकित्सा में राहत देते हुए मोहल्ला और जनता क्लिनिक खोले जायेंगे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिये मुख्यमंत्री ने युवा रोजगार योजना की घोषणा भी की

उन्होंने फैमिली सेटलमेंट पर देय आठ प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी को पूरी तरह माफ कर दिया बजट में स्टार्टअप के दस लाख रूपये तक के ऋण दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त कर दी गई है मुख्यमंत्री ने शहीदों के आश्रितों के भू हस्तान्तरण दस्तावेज पर भी स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की घोषणा की बजट में कई तरह के कर प्रस्ताव भी किये गये है एलपीजी सीएनजी के वाहनों में कर की छूट दी गई है

मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में एक कार्यशाला में यह बात कही डॉक्टर निशंक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने शिक्षा को नये भारत की बुनियाद बताया

इस शैक्षणिक परिसर के साथ ही विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय शिक्षा संकुल में जारी रहेगा विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी ने कल जयपुर में पत्रकारों को ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसी सत्र से चार पाठ्यक्रम चलाने की तैयारी कर ली गई है इसी महीने विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर के तीन डिग्री कोर्स और एक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन दिया जायेगा उन्होंने बताया इस बारे में आने वाले दिनों में विज्ञापन जारी किया जायेगा और उच्च और तकनीकी शिक्षा के पोर्टल पर ही छात्र इसकी जानकारी ले सकेंगे

इस उपलक्ष में जिला प्रशासन की ओर से चार दिवसीय रजत जयंती समारोह की आज से शुरूआत हो गई है चार दिन तक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे

यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रफर्ड में बारिश के कारण यह मैच रोकना पड़ा था